इससे रेलवे को बीस लाख रुपये तक की आय होने की संभावना

किसान सम्मान निधि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपये का लाभ देने का संशोधित फैसला अधिसूचित कर दिया है इस फैसले से चौदह करोड़ पचास लाख किसानों को लाभ होगा चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को यह लाभ देने का फैसला किया गया था केन्द्रीय क्रषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को भी कहा है मोदी विदेश दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की दूसरी बार बागडोर संभालने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे के दूसरे चरण में आज श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के साथ द्विपक्षीय बैठक की बैठक में आतंकवाद का खात्मा करने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा तथा आर्थिक विकास में सहयोग के लिए प्रयासों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई इससे पहले प्रधानमंत्री ने सीधे श्रीलंका के सेंट एंटनी चर्च पहुंचकर आतंकी हमले में मारे गये लोगों को श्रद्वांजलि अर्पित की एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका एक बार फिर उठ खड़ा होगा और आतंक की कायरतापूर्ण गतिविधियां इस देश की भावना को पराजित नहीं कर सकतीं फसल ऋण माफी योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हर हाल में किसानों की कर्ज माफी करने का संकल्प दोहराया है उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण को लागू करने के निर्देश दिये हैं जय किसान फसल ऋण माफी योजना में जिन किसानों की लोन माफी हो रही है वे कृषि संबंधी कार्यो के लिये जरूरत अनुसार नया लोन ले सकते हैं एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि नया लोन लेने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है पूर्व के वर्षो में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही उन्हें लोन मिलेगा नया लोन लेने से लोन माफी की राशि या उनकी पात्रता में कोई अंतर नहीं आयेगा किसान अपने ऋण का नवीनीकरण भी करा सकते हैं राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि बैंकों के नोड्यूज प्रमाण पत्र और भूमि बंधक मुक्त कराये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं अपेक्स बैंक की ओर से भी ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं इस संबंध में जिला स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहना चाहिए

स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त नीतेश व्यास के अनुसार इस बार दस्तक अभियान में पुरूषों की सक्रिय भागीदारी के लिये ग्राम स्तर पर स्वस्थ ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा

अभी तक लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है वहीं आरोपी की पहचान भी कर ली गई है श्री बच्चन ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस दल संभावित इलाकों में गये हैं और उसे गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाये जाने के प्रयास किये जायेंगे उन्होंने कहा कि इस इस बीच जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने पीड़ित परिजनों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की

भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार ये इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में सुविधा शुरू की जा रही है जो सुबह छह बजे से रात दस बजे तक उपलब्ध रहेगी इससे रेलवे की सालाना आय में बीस लाख रुपये तक की वृद्वि होने की संभावना है रेलवे ने यह भी उम्मीद जताई है कि इस सुविधा से बीस हजार यात्रियों की बढ़ोत्तरी होगी

ये सुविधा दस से पन्द्रह दिनों में शुरू होने की संभावना है इंदौर उत्सव इंदौर में आज से सात दिवसीय मालवा उत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ उत्सव में देश के इक्कीस राज्यों के चार सौ लोक कलाकार अपनी कलाओ का प्रदर्शन कर रहे है वहीं तीन सौ से अधिक शिल्पकारों द्वारा स्टाल्स भी लगाये गये हैं उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में राष्ट्रीय आवश्यकताओं और सदाचार पर बल दिया गया है जिससे विश्व स्तरीय विद्यार्थी तैयार करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस नीति में मातुभाषा को उचित महत्व दिया गया है किंतु बहु भाषी विश्व में अन्य भाषाओं को जानना भी जरूरी है

भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सोमानी ने आज राज्य सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुये कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों से किया कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया है उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट उजागर करता है उन्होंने बताया कि भगत सिंह प्रतिमा से रैली शुरू होगी जो जिला कलेक्टर कार्यालय चौराहा पहंचेगी रैली में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहेंगे जेडीयू बैठक जनता दल यूनाइटेड बिहार के बाहर एनडीए का हिस्सा नहीं होगी आज पटना में जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार की अध्यक्षता में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया इस अवसर पर नितिश क्मार ने कहा कि पार्टी झारखंड हरियाणा दिल्ली और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी उन्होंने कहा कि जेडीयू झारखंड में सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीद्वार खड़े करेगी हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में एनडीए एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी तरह का विवाद नहीं है गर्मी प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है राज्य के अधिकतर स्थानों पर पारा पैतालीस से ऊपर बना हआ है मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान होशंगाबाद और जबलपुर संभागों के कुछ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है वहीं खरगौन जिले में तीव्र लू का प्रभाव रहा रीवा छतरपुर दमोह भोपाल रायसेन राजगढ़ रतलाम शाजापुर गुना दतिया ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में गर्म हवायें चलीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खरगौन जिले में सैतालीस डिग्री सेल्सियस देर्ज किया गया विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान ग्वालियर गुना टीकमगढ़ शाजापुर छतरपुर रायसेन राजगढ़ और खरगौन जिलें में तीव्र लू चलने की आशंका जताई है